इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचन्द अग्रवाल ने कहा कि बच्चा स्वस्थ पैदा हो इसके लिए माँ का स्वस्थ रहना जरूरी है उन्होंने कहा कि जो क्पोषित बच्चे गोद लिये गये हैं इनकी निरंतर मॉनिटरिंग होगी वहीं महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि यदि कुपोषण से लड़ना है तो इसकी शुरूआत गर्भवती महिला से होना जरूरी है उनको पर्याप्त पोषण मिले इसके लिए आंगनबाड़ी केन्द्रों में उनका पंजीकरण होना जरूरी है उन्होंने बताया कि राज्य में ऊधमसिंह नगर हरिद्वार नैनीताल और देहरादून में सबसे अधिक कुपोषित बच्चे हैं उन्होंने कहा कि कुपोषण से मुक्ति के लिए पोष्टिकता को प्राथमिकता बनाने के साथ ही मोटे अनाज को अपने आहार में सम्मिलित करना जरूरी है एड्स पर बैठक मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा है कि प्रदेश में एड्स और उसके कारणों पर अध्ययन किया जाना चाहिए ताकि राज्य एड्स काउन्सिल के गठन का उद्देश्य पूर्ण हो सके उन्होंने कहा कि अध्ययन से प्राप्त डाटा का विश्लेषण कर एड़स पर नियन्त्रण के लिए योजनाएं बनायी जा सकेंगी देहरादून में हई राज्य एड्स काउन्सिल की बैठक में मुख्यमंत्री ने एड्स के प्रति जागरूकता पर विशेष ध्यान देने को कहा उन्होंने कहा कि प्रदेश के एचआईवी संक्रमित व्यक्ति जो प्रदेश के मूल या स्थायी निवासी हैं और राज्य में एआर टी केन्द्रों में ईलाज करवा रहे हैं उन्हें आर्थिक सहायता के लिए एक हजार रुपये पेंशन प्रदान की जाएगी मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय एड्स नियन्त्रण कार्यक्रम को और प्रभावी बनाने के लिए चिकित्सकों की संख्या बढ़ायी जानी चाहिए इस कार्यक्रम के अंतर्गत संविदा पर कार्यरत चिकित्सकों को भी राज्य के अन्य संविदा चिकित्सकों की तरह मानदेय दिया जाएगा इस पर होने वाले अतिरिक्त खर्च को राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा उन्होंने एचआईवी की रोकथाम और नियन्त्रण के लिए निर्घारित विशेष दिवसों के साथ ही समय समय पर जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिये अपर मुख्य सचिव उत्तराखंड उच्च न्यायालय के आदेश पर देहरादून शहर की नगर निगम सीमा के तहत सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों को हटाने का महा अभियान कल पांच सितंबर से चलेगा जिलाधिकारी सी रवि शंकर ने अपर मुख्य सचिव ओम प्रकाश से महा अभियान की रणनीति तैयार करने के लिए एक दिन का समय मांगा है पहले ये अभियान आज से शुरू होना था वहीं अपर मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि बिना किसी दबाव में आये अनाधिकृत निर्माणों और अवैध अतिक्रमणों को हटाने का कार्य सुनिश्चित करें देहरादून में हुई एक बैठक में तय किया गया कि अभियान की शुरुआत उन शिकायतों के आधार पर होगी जो पिछले करीब एक साल के दौरान शासन को मिली हैं इन शिकायतों में अतिक्रमण अभियान को शुरू कराने की मांग की गई है अभियान की शुरुआत इन्हीं शिकायतों के आधार पर चिह्नित अतिक्रमणों से होगी अपर मुख्य सचिव ने जिलाधिकारी को निर्देश दिए कि शहर में निर्मित फ्लाई ओवर और रेलवे ओवर ब्रिज के नीचे हुए अतिक्रमण को शीघ्र हटाने के निर्देश दिये उन्होंने इन जगहों को फायर ब्रिगेड़ की गाड़ी के लिए पार्किंग फायर ब्रिगेड के वैकल्पिक कार्यालय की व्यवस्था करने के साथ ही लोक निर्माण विभाग के कैम्प ऑफिस स्थापित किये जाने जन सुविधा केन्द्र बनाये जाने पुलिस पिकेट और उद्यान विभाग द्वारा इन स्थानों को ग्रीनरी के रूप में विकसित करने को कहा है

उन्होंने पोषण माह और जिले के स्कूलों में संचालित एनीमिया जांच कार्यक्रम का भी शुभारंभ किया अपने भ्रमण के दौरान उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत बालिका शिक्षा प्रोत्साहन वितरण कार्यक्रम मेधावी छात्राओं को पुरस्कृत भी किया वहीं मुख्यमंत्री ने जिलास्तरीय अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा की उन्होंने अधिकारियों को गुणवत्ता युक्त और निर्धारित समय से पहले विकास कार्यों को पूरा करने के निर्देश दिये

रूड़की पहुंचे केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान में दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय जल संरक्षण की कार्यशाला में शिरकत की उन्होंने कहा कि पानी जीवन का आधार है इसलिए आज पूरे विश्व के लिए चिंता और संकट का विषय बना हुआ है उन्होंने कहा कि कार्यशाला में आस्ट्रेलिया से आये कुछ वैज्ञानिक भी चर्चा करेंगे

प्रदेश में स्वच्छता रैंकिंग में पहले तीन स्थान पर आने वाले नगर निकायों की पुरस्कार राशि तीन गुना की जायेगी कार्यशाला में स्वच्छता रैंकिंग के तहत अच्छा कार्य करने वाले प्रथम तीन नगर निकायों को सम्मानित किया गया स्वच्छ भारत अभियान स्वच्छता की मुहिम से जागरूक होकर आज हर नागरिक अपने आस पास साफ सफाई रखना चाहता है मौसमी बीमारियों से बचने और स्वच्छता अभियान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आज पौड़ी में गढ़वाल मण्डल के शिक्षा विभाग के विभिन्न कार्यालयों में अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक महाबीर सिंह बिष्ट और एसपी खाती के नेतृत्व में अभियान चलाया गया जिसमें मुख्य शिक्षा अधिकारी बेसिक शिक्षा अधिकारी और अपर निदेशक कार्यालय के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने अपने अपने कार्यालय और आस पास के क्षेत्रों में कूड़ा करकट एकत्र कर उसका निस्तारण भी किया साथ ही अपर शिक्षा निदेशक ने सभी को परिसर साफ सुथरा रखने की शपथ भी दिलाई गई नंदा सुनंदा गणेश महोत्सव चम्पावत जिले में नन्दा सुनन्दा महोत्सव का आगाज हो गया है

महोत्सव के अध्यक्ष ने बताया कि नन्दा सुनंदा चन्द राजाओं की कुल देवी के रूप में पूज्य है

उधर सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा में भी मां नन्दा सुनन्दा की प्रतिमाओं की विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा और पूजा के साथ ही नन्दा देवी मेले की श्रूआत हो गयी इसी के साथ मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी भव्य श्रूआत हो गयी है

उधर चमोली जिले के गोपेश्वर में इन दिनों गणेश महोत्सव ध्रमधाम से मनाया जा रहा है

मेले की तैयारी को लेकर आयोजित बैठक में प्रदेश के कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन प्रतियोगिता के आधार पर किया जाएगा मेले में स्कूली छात्र छात्राओं की खेल और पेंटिंग प्रतियोगिता का भी आयोजन किय जाएगा मेले में विभिन्न विभागों की झांकियां प्रदर्शनी और किसान गोष्ठी का भी आयोजन किया जाएगा

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने लैंडर की दूसरी और अंतिम डी ऑर्बिटल प्रक्रिया आज सवेरे पूरी कर ली

इसके साथ ही विक्रम के चन्द्रमा की सतह की ओर उतरने के लिए जरूरी मार्ग मिल चुका है भारतीय सेना ने कश्मीर में लश्करे तैयबा के दो आतंकवादियों का गिरफ्तार किया है ये दोनों आतंकवादी पाकिस्तानी हैं

ट्वीट संदेश में उन्होंने दादा भाई नौरोजी को प्रबल देशभक्त आर्थिक चिंतक और भारत के महान सामाजिक राजनीतिक सुधारकों में से एक बताया छह हजार से अधिक रेलवे स्टेशनों को इस महीने की आखिर तक वाई फाई सुविधा से जोड़ दिया जायेगा यात्री अब निशुल्क वाई फाई सुविधा का लाभ उठाते हुए नेट सर्फिंग कर सकते हैं आकाशवाणी से बातचीत में रेल टेल के सी एम डी पुनीत चावला ने कहा कि अभी तक यह सुविधा चार हजार स्टेशनों पर है